मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग लेने का किया आहवान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क व तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित प्रदेश में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया मकर सक्रांति का पर्व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

यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे और इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए वैक्सीन विमानों से देशभर के शहरों और कस्बों में भेजी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए उनके यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अनुपात में वैकसीन का आवंटन किया गया है राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची के अनुसार वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण ग्रस्त होने की आशंका वाले चिकित्सा संस्थानों के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी प्रत्येक टीकाकरण सत्र में प्रतिदिन लगभग सौ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी

प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए शिमला में राज्य स्तरीय और धर्मशाला व मंडी में रीजनल सैंटर बनाए गए हैं

एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा है कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे मूल इकाई है और हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाए जाते हैं मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से स्वच्छ छवि व ईमानदार व्यक्तियों को चुनने का आग्रह भी किया है जयराम ठाकुर ने प्रदेश में सौ से अधिक पंचायतों को निर्विरोध चुने जाने पर प्रसन्नता जताई

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने वाहन चालकों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज शिमला में सड़क सुरक्षा माह के आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आम लोगों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए जयराम ठाक्र ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया का अधिकतम उपयोग करने पर भी बल दिया मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता के लिए पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने की ज़रूरत बताई उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को निर्देश दिए राकेश पठानिया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य को देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक सैंज वन्य जीव अभ्यारण्य को भी शीर्ष पांच में स्थान दिया गया है राकेश पठानिया ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि देश के पांच सबसे अच्छे प्रबंधित संरक्षित क्षेत्रों में से तीन हिमाचल से संबंधित हैं वन मंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है

मकर सक्रांति मकर सक्रांति का त्यौहार आज प्रदेशभर में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है आज से ही सूर्य का उत्तरायण भी आरंभ हो गया है मकर सकांति के मौके पर लोग धार्मिक सरोवरों में स्नान सहित तुलादान भी करते हैं कुल्लू में मकर सकांति के अवसर पर भगवान रघुनाथ मंदिर में खिचड़ी का त्यौहार मनाया गया इस दौरान भगवान रघुनाथ को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाकर उसे श्रद्वालुओं में बांटा गया इधर सोलन जिले में लोगों ने मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना की इस दौरान लोगों ने अपने घरों में खिचड़ी बनाई और भगवान को इसका भोग लगाया

उन्होंने कहा कि ये अभियान करीब डेढ़ महीने तक चलेगा हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही है

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों को लेकर एक समिति गठित करने के फैसले का स्वागत किया है मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली ने कहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं युवा कांग्रेस प्रदेश युवा कांग्रेस ने सरकार से बीते दिनों शिमला में अपनी जान गंवाने वाले पुलिस जवान वीरेन्द्र क्मार को शहीद का दर्जा देने की मांग की है शिमला से जारी एक बयान में युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर ने परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकारी देने का भी आग्रह किया है उन्होंने सरकार व पुलिस प्रशासन पर वीरेन्द्र कुमार को प्रदेश से बाहर इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में रैफर न करने का भी आरोप लगाया है डीसी किन्नौर किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज निचार उपमण्डल की भावा वैली का दौरा कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने उपमण्डल की दूर दराज पंचायत कटगांव काफनू यंगप्पा व क्राबा का दौरा भी किया उपायुक्त ने काफनू क्राबा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क और काफनू में बनने वाले हैलीपैड स्थल का भी निरीक्षण किया उन्होंने विभाग को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग लेने का किया आहवान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क व तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र के रूप में चयनित और प्रदेश में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाया गया मकर सक्रांति का पर्व इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ